राज्य में एक ही दिन में सामने आई मरीजों की ये सबसे अधिक संख्या है इन्हें मिलाकर संक्रमितों की क्ल संख्या सत्तासी हो गई है चार रोगी स्वस्थ्य हो च्के है जबकि तिरासी रोगियों का उपचार चल रहा है राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय दवारा देर रात जारी ब्लेटीन में तेरह नए मामलों में से चांगलांग से छह ईस्ट सियांग से छह और नामसाई जिले से एक मामला सामने आया है

सभी नए मामले क्वारेंटिन स्विधा केंद्र से मिले है जहां राज्य के बाहर से लौटे लोगों को रखा गया है सभी रोगी सामान्य है और उनमें कोई लक्षण भी नही दिखे है चांगलांग से मिले नए मामले दिल्ली यूपी के नोएडा और हरियाणा से जबकि ईस्ट सियांग के रोगी यूपी के नोएडा और असम से आए थे और नामसाई का मामला चेन्नई से लौटा था राज्य सरकार ने राज्य में बाहर से आए सभी लोगों के लिए संस्थागत क्वारेंटिन और आर टी पी सी आर परीक्षण अनिवार्य कर दिया है इस पहल से राज्य में वायरस को रोकने में बहत सफलता मिली है क्योंकि सभी सत्तासी पॉजिटिव मामले अब तक क्वारेंटिन सेंटर से पाए गए है

श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बातचीत करेंगे सोलह जून को अरुणाचल प्रदेश समेत ईक्कीस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के म्ख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री सत्रह जून को पंद्रह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत करेंगे यह बैठक कोरोना वायरस के मामलों की बढती संख्या के मद्देनजर काफी महत्व रखती है मार्च महीने में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से म्ख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह छठी बैठक होगी वर्तमान में देश लॉकडाउन के पांचवें चरण में है जो पिछले चरण की तूलना में बह्त अधिक आराम देता है

श्री नाबाम के दस्तावेज़ सही पाए जाने के बाद उच्च सदन के निर्वाचन अधिकारी कागो हाब्ंग ने उन्हें निर्वाचित घोषित किया राजधानी ईटानगर में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पीडीसोना म्ख्यमंत्री पेमा खांड्र मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों की मौजूदगी में श्री रेबिया को निर्वाचन प्रमाणपत्र सौंपा गया म्ख्यमंत्री पेमा खांड् ने श्री रेबिया को निर्वाचन पर बधाई देते हए कहा कि यह भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि यह पहला मौक़ा है जब राज्य से तीनों सांसद भाजपा के हैं इनमें से दो सांसद लोकसभा के जबकि एक सांसद राज्यसभा के हैं मौजूदा कांग्रेस राज्य सभा सदस्य म्क्त मिथि का कार्यकाल तेईस जून को समाप्त हो रहा है

कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय डॉनर मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया था श्री खाण्डू ने पूर्वोत्तर में इ ऑफिस को आगे बढ़ाने के लिए डॉनर मंत्रालय की पहल का स्वागत किया और कहा कि शासन में भ्रष्टाचार और लालफिताशाही को रोकने का एकमात्र तरीका है

उन्होंने राज्यभर के सभी कार्यालयों में इ ऑफिस के उपयोग के सार्वभौमिकरण पर जोर दिया